प्रदेश में कल होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

पुनर्वास केन्द्र केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गेहलोत ने कहा है कि देश के सभी जिलों में दिव्यांग प्नर्वास केन्द्र स्थापित किये जाएंगे उन्होंने उज्जैन में दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के लोकार्पण समारोह में कहा कि केन्द्र सरकार दिव्यांगों की सहायता के लिये कई तरह की योजनाएं चला रही है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है सभी जिलों में पुर्नवास केन्द्र स्थापित होने से उनकी छोटी छोटी समस्याओं का भी निदान हो सकेगा

शेष जिलों में ये केन्द्र स्थापित करने के लिये तेजी से काम चल रहा है नदी महोत्सव होशंगाबाद जिले के नर्मदा तट पर स्थित बांद्राभान में पांचवा अंतराष्ट्रीय नदी महोत्सव सोलह सत्रह मार्च को आयोजित किया जाएगा

इस दौरान जल संरक्षण पर्यावरण और समस्याओं विषय पर शोध पत्र भी प्रस्तृत किये जाएंगे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 भाजपा संगठन महामंत्री सुहास भगत ने नर्मदा महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ संगम स्थल का निरीक्षण किया शिक्षक प्रशिक्षण प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा कुशल शिक्षकों और सेवा निवृत्त कर्मियों का चयन किया जाएगा

राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक लोकेश कुमार जाटव ने इस सबंध में जिला अधिकारियों और परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिये है कि प्राप्त आवेदनों की मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समूह बनाकर इसी माह जिला स्तर पर उनका प्रारंभिक टेस्ट किया जाए इसके बाद चयनित प्रशिक्षकों का राज्य स्तर पर साक्षात्कार होगा बिजली कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में अब तक नौ लाख सत्रह हजार से अधिक बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं योजना के तहत अक्टूबर माह तक पैतीस लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछडे हितग्राहियों को निशुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं वहीं अन्य हितग्राहियों से पांच रूपये की राशि दस किश्तों में बिजली बिल के साथ लिये जाने का प्रावधान है अधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर नीमच मंदसौर जिलों में इस योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है जबकि चौदह जिलों खंडवा गुना भोपाल उज्जैन देवास बुरहानपुर धार रतलाम झाबुआ ग्वालियर अलीराजपुर खरगौन होशगाबाद और सागर जिले में योजना का बेहतर कियान्वयन किया जा रहा है इस योजना के कियान्वयन के लिये साठ प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जा रही है शेष चालीस प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन और विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है एम्बुलें स खरगोन जिला अस्पताल को गंभीर रोगियों को लाने लेजाने के लिए तीस लाख रूपये लागत की हाईटेक लाईफसपोट एम्बुलेंस प्राप्त होगी इस एम्बुलेंस में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ भी रहेगा जो मरीज की आपात स्थिति में उसे जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध करायेगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान की सांसद निधि से ये एम्बुलेंस भिलने जा रही है प्रदेश के श्रम राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार पांच मार्च को जिला अस्पताल को इस एम्बुलेंस की चाबी देंगे

एक सिपाही शहीद हो गया और तीन अन्य घायल हो गए कल सुबह पुजारीकंखर वन क्षेत्र में माओवादियों की बैठक करने की सूचना मिलने पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की

राजधानी भोपाल में सुबह से ही लोगों जगह जगह रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं घर और बाहर लोग रंगों में सराबोर दिखे वहीं कई जगह हुरियारे रंगों के साथ ढोल नगाडो की थाप पर थिरकते नजर आए मुख्यमंत्री निवास में भी होली के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बडी संख्या में लोग शामिल हुए श्री चौहान ने इस अवसर पर लोगों को रंग गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं प्रदेश के मालवा अंचल में भी रंगो का पर्व ध्रमधाम से मनाया गया इंदौर में इस अवसर पर जगह जगह लोगों ने एक दूसरे पर रंग बरसाया और होली की शुभकामनाए दी वहीं उज्जैन में तडके चार बजे महाकाल में भस्म आरती के साथ भक्तो ने रंग गुलाल की होली खेली कवि पदमाकर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में होली पर लोकगीत फागों का प्रचलन है होली के मौके पर कल सागर में साहित्यकारों ने फाग लिखने वाले जाने माने कवि पद्माकर को याद किया सागर में तालाब किनारे स्थित उनकी प्रतिमा के आसपास साफ सफाई कर साहित्यकारों ने कवि पद्माकर को पुष्पांजलि अर्पित कर और गुलाल लगाकर होली की शुरूआत की इस मौके पर साहित्यकारों ने फाग गाकर बुंदेलखंड की परंपरा को दोहराया

इस टूर्नामेंट में छह देशों भारत मेजबान मलेशिया मौजूदा चौम्पियन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अर्जेटीना और आयरलैंड की टीमें भाग लेंगी भारत मौजूदा समय में विश्व में छठे नम्बर पर है शुरूआती राउंड रोबिन मैच में आज दोपहर बाद भारतीय टीम का मुकाबला विश्व में दूसरे नम्बर पर अर्जेंटीना की टीम से होगा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा खेल स्पर्धा नवजोत कौर ने सीनियर एशियाई कुश्ती चौम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय महिला कुश्ती में इतिहास रचा है वे स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं

मैक्सिको के गुवादालाजारा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट स फेडरेशन आईएसएसएफ विश्वकप प्रतियोगिता के पहले दिन आज भारतीय निशानेबाज जीतू राय अपूर्वी चंदेला और मेहुली घोष मैदान में होंगे यह इस सीजन का पहला विश्वकप है संयुक्त विश्वकप के पहले दिन दो फाइनल खेले जाएंगे जिसमें राइफल पिस्टल और शॉटगन खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे

जिसमें दस से ज्यादा औघोगिक संस्थान भर्ती प्रक्रिया करेंगे